केन्द्र सरकार ने बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और पटना के जल भराव वाले इलाकों में बचाव और राहत कार्यों के लिए भारतीय वायु सेना के दो हेलीकॉप्टरों को लगाया है केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि केन्द्र बिहार को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहा है

प्रशासन से भी आग्रह किया है विहार सरकार और बिहार सरकार के पीछे भारत सरकार ये लगकर पटना के आस पास पटना शहर के लोंगों के लिए बिहार के लोगों के लिए जितना भी करना होगा हम करेंगे प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले तीन दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के कारण आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान समस्तीपुर मधेपुरा सुपौल अररिया पूर्णिया कटिहार भागलपुर सहरसा खगड़िया और किशनगंज में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है सबसे अधिक समस्तीपुर के रोसड़ा में दो सौ पचास मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में दो सौ चालीस मिलीमीटर वहीं खगड़िया के बलतारा में दो सौ बीस मिलीमीटर बारिश हुई है

भारी बारिश के कारण पटना हाजीपुर समस्तीपुर कटिहार मुजफ्फरपुर बिहारशरीफ भागलपुर पूर्णियां सासाराम और बक्सर समेत कई शहरों के निचले इलाकों में भीषण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक चालीस लोगों की मौत हो चूकी है पटना के राजेन्द्र नगर कंकड़बाग सैदपूर बहादूरपूर संदलपुर इलाके में जल जमाव की रिथित अत्यंत गम्भीर है इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं

कई स्थानों पर सामुदायिक रसोई घर स्थापित कर प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है इधर पटना शहर के कुछ इलाकों से धीरे धीरे पानी निकल रहा है

भारी बारिश के कारण पटना के विभिन्न हिस्सों में जल जमाव में फंसे लोगों को निकालने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है कई स्थानों पर चार से पांच फीट पानी जमा होने से आम लोगों के साथ साथ विशेष लोग भी फंसे हुए हैं राहत और बचाव दल ने आज उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और उनके परिवार के सदस्यों को राजेन्द्र नगर स्थित उनके निवास से सुरक्षित बाहर निकाला वहीं इसी क्षेत्र में पिछले दो दिनों से अपने निवास में फंसी प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को भी बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना शहर के जल जमाव से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया बाद में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बचाव और राहत कार्य की समीक्षा की श्री कुमार ने प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत शिविरों की संख्या बढ़ाने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये श्री कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बाढ़ से प्रभावित इलाकों के जिलाधिकारियों से बातचीत की और प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने को कहा इधर बिजली विभाग ने कहा है कि जल जमाव वाले इलाकों में एहतियात के तौर पर आपूर्ति बंद की गयी है जल्द ही बिजली की आपूर्ति बहाल हो जायेगी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में कच्चे घर गिरने की खबरें आ रही हैं इधर राजधानी पटना स्थित विभिन्न सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है कंकड़बाग राजेन्द्र नगर पाटिलपुत्र समेत राजधानी के निचले इलाकों में स्थित सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में पानी घूस जाने से काफी क्षति हुई है इधर सचिवालय स्थित कैबिनेट कार्यालय की छत का कुछ हिस्सा आज अचानक गिर जाने के कारण अफरा तफरा की स्थिति हो गयी छत के टुकड़े गिरने से वहां काम कर रहे कई कर्मियों को हल्की चोंटे लगी हैं वहीं प्रशाखा पदाधिकारी इस घटना में बाल बाल बच गये राज्य सरकार ने अत्याधिक वर्षा से प्रभावित स्कूलों में गांधी जयंती के दिन आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम स्थगित कर दिये हैं राज्य के परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिन स्कूलों में जल जमाव और आवागमन की समस्या है वहां कार्यक्रम रद्द कर दिये हैं गौरतलब है कि इससे पहले राज्य के सभी स्कूलों को गांधी जयंती दो अक्टूबर को खुला रखने का आदेश दिया गया था इधर राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के शुभारंभ को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है पटना के सभी स्कूलों को कल तक के लिये बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं इसके अलावा राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है भारी बारिश के कारण नालंदा जिले में तीन स्थानों और जहानाबाद में एक स्थान पर बरसाती नदियों के तटबंध क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है अचानक आयी बाढ़ के कारण कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है पिछले कई दिनों से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर भारी वर्षा के कारण गंगा समेत प्रदेश की अधिकांश नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना में दीघा घाट गांधी घाट के साथ साथ भागलपुर और कहलगांव में बढ़ा है सोन नदी भोजपुर के कोईलवर और पटना के मनेर में खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है पुनपुन नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है पटना के श्रीपालपूर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ढाई मीटर ऊपर दर्ज किया गया उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं महानंदा कमला बलान ब्रुढ़ी गंडक और बागमती नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है घाघरा नदी के जलस्तर में सीवान के गंगपुर सिसवन और सारण के छपरा में व्रद्धि दर्ज की गयी है गंडक नदी का जलस्तर वैशाली जिले के हाजीपुर में तेजी से बढ़ा है

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए हटाये जाने का निर्णय देश के सीआरपीएफ के पैंतीस हजार शहीद जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है वे आज गुजरात में अहमदाबाद के वास्त्राल में त्वरित कार्य बल के सताईसवें स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब शांति और ख़्शहाली के नये पथ पर होगा

इतने सारे जवानों का बलिदान हमसे मांग करता है कि कश्मीर के अंदर एक स्थिति ऐसी निर्मित की जाए जो हमेशा के लिए शांति बनी रहे जवानों को जान गंवाने का मौका न आए राज्य में पांच विधानसभा सीटों और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिये नामांकन की समय सीमा आज समाप्त हो गयी

समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से लोजपा के प्रिंस राज पासवान और कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया इस सीट पर कुल ग्यारह प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है वहीं भागलप्र में नाथनगर विधानसभा सीट पर कुल अठारह प्रत्याशियों ने जबकि सिमरी बख्तियारपुर से कुल नौ उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किये हैं बांका की बेलहर विधानसभा सीट से छह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं इधर किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार भाजपा की स्वीटी सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया सीवान के दरौंदा विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राजद के उमेश सिंह ने अपना पर्चा भरा वहीं जदयू के अजय सिंह ने इसी सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया